पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से शुरू होगा

आज जनऔषधि दिवस के मौके पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कुछ चुने हुए जनऔषधि स्टोर के संचालकों और लाभार्थियों से संवाद दौरान कही उन्होंने कहा कि हर भारतवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकार चार सूत्रों पर काम कर रही है

इन केंद्रों से एक करोड़ से अधिक परिवार लाभ उठा रहे हैं सरकार की कोशिश है कि देश में बेहतर अस्पताल हो ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी इसका लाभ भिल सके प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से जुड़े प्रस्कारों को शुरू करने का फैसला किया है इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल अस्पताल में जनऔषधि के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना मे हुई गड़बड़ियों की जांच करायी जायेगी उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नीतिन मदन कुलकर्णी को जांच कराने के लिए प्रकिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बंगाल के एक चिकित्सक द्वारा एक ही दिन में कई ऑपरेशन करना कहीं न कहीं गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है पहले भी कई अस्पतालों द्वारा इस तहत की कई गड़बड़ियां की गई है इन मामलों में सभी दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने सभी मुक्कमल इंतजाम किए हैं

भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के विलय को मंजूरी दे दी है आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा को निबंधित राजनीतिक दलों की सूची से हटाने के साथ उसके चुनाव चिन्ह को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है आयोग द्वारा जारी आदेश में झारखंड विकास मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी में विलय की प्रक्रिया को उचित बताया गया है वहीं पार्टी के दो अन्य विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित किए जाने को भी सही ठहराया गया है

झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में स्थित कांके डैम के किनारे अवैध रूप से हो रहे निमार्ण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने इससे संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई

धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत कोडरमा समेत अलग अलग स्टेशनों पर सात महिला लोको पायलट बखूबी ट्रेनों का परिचालन कर रही है

पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होगा पांच दिन के इस आयोजन में करीब नौ सौ प्रतिभागी हिस्सा लेंगे जम्मू कंश्मीर खेल परिषद केन्द्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के सहयोग से इस खेल का आयोजन कई विधाओं में कर रहा है मौसम विमाग ने रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में नौ और दस मार्च को तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है

संक्षिप्त खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने राज्यवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी

बिहार लोक सेवा आयोग की पैसठवीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल देर शाम घोषित कर दिया गया मुख्य परीक्षा के लिए लगभग छह हजार पांच अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं हजारीबाग जिला प्रशासन ने होली के मद्देनजर आधा दर्जन मिठाई दुकानों से सेंपल जब्त कर उसे रांची स्थित लैंब जांच के लिए भेज दिया